आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये नैसकॉम टैक्नोलोजी और लीडरशिप फोरम एनटीएलएफ को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय प्रौद्योगिकी ने न केवल स्वयं को सिद्द किया बल्कि खुद को विकसित भी किया उन्होंने कहा कि एक समय था जब चेचक के टीके के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्मर था लेकिन आज यह कोविड नाइन्टीन से लड़ाई के लिए दुसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है प्रधानमंत्री ने देश में विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि टैक्नोलोजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है लोगों को डिजिटल रूप में जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाए पहचाने में भी टैक्नोलोजी असरदार रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत में नवीन विचारों की कमी नहीं है इसे वैसे पथ प्रदर्शकों की जरूरत है जो इन विचारों को मुर्त रूप प्रदान करने में मदद कर सकें प्रधानमंत्री ने इस बात पर ख्शी प्रकट की कि नकदी पर बहुत अधिक निर्भर देश का समाज अब नकदी रहित अर्थव्यवस्था में बदल रहा है

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल विधानमण्डल के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बाईस फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट प्रस्तुत करेंगे अगले वर्ष होने वाले चनाव से पर्व वर्तमान भाजपा सरकार का यह पांचवा और अन्तिम बजट होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी जिसके बाद विधानमण्डल सदस्यों को आई पैड और टैबलेट पर कार्यों की जानकारी देने के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया बजट सत्र के आगामी दस मार्च तक चलने की सम्भावना है विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों को जोर शोर से उठाने की बात कही है वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिये तैयार है उन्हॉने विपक्षी दलों से सार्थक बहस की अर्पोल करते हये कहा कि हर हाल में सदन की गरिमा को बनाये रखा जाए इससे पूर्व विघानसभा अध्यक्ष एच एन दीक्षित ने कहा कि समी सदस्यों को कोविड टेस्ट करा लेने के बाद ही सदन में आने की अनुमति होगी उन्होंने कहा कि विधानमण्डल सदस्यों की कोविड जांच का काम चल रहा है जिसे आज पूरा कर लिया जायेगा

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है दो हजार चौबीस तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो हजार उन्नीस में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि पन्द्रह अगस्त दो हजार उन्नीस को अट्ठारह करोड़ तिरानवे लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल सत्रह प्रतिशत के पास पानी के कनेक्शन थे प्रदेश में कल अप्रिम पंक्ति के कर्मियों का कोविड टीकाकरण किया जायेगा राज्य में प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूर्ण हो जाने के बाद अप्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ है अगले माह से पचास वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोविड के टीके लगाये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अटटाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कडी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगामी शनिवार को बस्ती जिले के एकदिवसीय दौरे पर आएंगे जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष शास्त्री चौक पर झण्डा फहरायेंगे और इसके बाद अटल बिहारी बाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित बस्ती महोत्सव में भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वाधीनता संग्राम सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दी है अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कर्पूरी का जीवन दर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम लोगों के विश्वास को दृढ़ता प्रदान करता है